वित्तमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ा बल्कि बिजली कंपनियों का कर्ज भी अपने खाते में डाला गया है

वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने बजट चर्चा का जवाब देते हए कहा कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है विपक्ष द्वारा कर्ज बढ़ने सम्बधी वक्त चिंता पर उन्होंने कहा कि कर्ज इस लिये बढ़ा क्योंकि सरकार ने बिजली कंपनी का कर्ज भी अपने खाते में डाला है उन्होंने कहा कि सचाई यह है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कर्ज बढ़ रहा था उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से गलत आधार पर बयानबाज़ी की गई स्वास्थ्य पर ही पिछली सरकार ने दस साल में आठ हजार करोड़ रूपये खर्च किये जबकि मौजूदा सरकार ने चार साल में सोलह हजार करोड़ रूपये देने का काम किया है उन्होंने कहा कि इनैलो के परमिन्द्र पुल दवारा सैलरी व पेंशन बिल के कम होने पर चिंता जताई गई थी और कहा गया था कि कर्मचारियों का वेतना घटा दिया गया है जब कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने कर्मचारियों को सांतवा वेतन आयोग दिया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पानी पहंचाने का कार्य इस सरकार ने किया है वित्तमंत्री ने बताया कि जज्चा बच्चा मृत्यू दर में भी चार सालों में सुधार दर्ज हआ है उन्होंने कहा कि विभिन्न विधायकों दवारा रखी गई मांगों को सम्बधित विभागों के पास रखा जायेगा म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता मे एक कमेटी गठित करने की घोषणा की जो दिल्ली सरकार और केन्द्र के साथ यम्ना में बढ़ रहे प्रदूषित जल के समाधान का म्द्दा उठाकर विचार विमर्श करेगी क्योकि इससे हरियाणा के चार जिले प्रभावित हो रहे है फरीदाबाद मेवात पलवल के सभी विधायक तथा ग्ड़गांव के ललित नगर से विधायक इस कमेटी के सदस्य होंगे

ये म्द्दा आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान पार्टी लाइन को पीछे छोड़ते हुए प्रभावित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों ने दिल्ली सरकार पर इस दिशा में कोई कदम न उठाने का आरोप लगाते हए उठाया इनका कहना था कि प्रद्रषित पानी के कारण कैंसर के मरीज़ों की संख्या भी बढ़ रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यगण विधायक इन सभी बिन्दुओं को कमेटी की बैठक में रख का दिल्ली सरकार से कह सकते है कि प्रद्रषित प्रवाह के लिए अपना चैनल होने चाहिए

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने सदन में वित्तीय विधेयक पेश किया जिसमें कर प्रस्तावों के साथ विभिन्न विभागों के खर्चो से सम्बाधित विनियोग विधेयक भी पारित भी शामिल है वितमंत्री दवारा प्रस्तूत विधेयक विपक्ष के हंगामें के बीच पारित हो गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी शनिवार को नई दिल्ली में वार्षिक कृषि उन्नति मेले में किसानों को सम्बोधित करेंगगे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि तीन दिवसीय इस मेले का उददेश्य किसानों को कृषि से सम्बधित आध्निक तकनीकी विकास की जानकारी देना है श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जैविक खेती पोर्टल का श्भारंभ भी करेंगे तथा कृषि करमन प्रस्कार और पंडित् दीन दयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन प्रस्कार भी प्रदान करेंगे कृषि मंत्रीने कहा कि लाखों की संख्या में किसान और कृषि वैज्ञानिक इस मेले में भाग लेंगे मेंले में कृषि और इससे संमदध क्षेत्र की आध्निक तकनीकों को दर्शाती साठ स्टालस भी होगी

शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक श्री अभय सिंह चौटाला श्री करण सिंह दलाल तथा चार विधायकों दवारा य्वाओं में विभिन्न प्रकार के नशों के प्रति प्रतिदिन बढ़ रहे रूझान पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार शराब अफीम चूरा पोस्त गांजा चरस हेरोइन स्मैक जैसे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री तथा अवैध सेवन को लेकर गम्भीर है और इन मामलों में अपराधियों की धरपकड़ और दंडित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है प्राधिकारी वर्ग अवैध शराब व अवैध दवाओ के उत्पादन पर भी सख्त निगरानी रख रहा है

उन्होंने बताया कि युवाओं केा रचनात्मक गतिविधियों से जोड़न के लिए और मादक पदार्थो से होने वाले न्कसान बारे बताने के लिए उन्हें शिक्षित किया जा रहा है य्वाओं के लिए एक प्रोग्राम प्लिस कैडेड कोर शुरू किया गया है और अप्रैल माह में युवाओं को पूलिस में अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के लिए भर्ती प्रक्रिया श्रू की जायेगी उन्होंने कहा कि बीते वर्ष तीन अक्तूबर केा गठित विशेष टास्क फोर्स भी मादक पदार्थो और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर नज़र रख रही है हरियाणा सरकार ने सरसो की खरीद चार हजार प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया है जिसमें सौ रूपये का बोनस भी शामिल है हैफेड के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने आज चंडीगढ़ में बताया कि ये दरे प्रचलित बाज़ार दर से काफी ज्यादा है उन्होंने कहा कि मौजूदा बाज़ार दर पर अपनी फसल बेच रहे है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम है

उन्होंने बताया कि हैफेड की ओर केन्द्र सरकार की मूल्य सहायता योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद की जायेगी स्थानीय शरही निकाय मंत्री कविता जेन ने कहा है कि ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रदेश के चौदह कल्स्टरस में बांटा गया है और सभी स्थानीय निकायों को इसमें शामिल किया गया है श्रीमती जेन ने इस सम्बधी पूछे एक प्रश्न के जवाब में सदन को बताया कि नगरपालिकाओं शाहबाद थानेसर और पेहवा अम्बाला क्रूक्षेत्र करनाल कल्स्टर का हिस्सा है जबकि नगरपालिका लाडवा इस संयंत्र की स्थापना हेत् यमुनानगर हेत् यम्नानगर कल्सटरर्स का अंग है एक प्रक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में भूना भी शामिल है क्योकि यहां एक सौ बार टना कचरा होता है इसलिए यहां कचरे से खाद बनाने का संयंत्र लगेगा कचरे से ऊर्जा का संयंत्र नहीं लगेगा जिस पर पैंतालिस करोड़ रूपये से अधिक लागत आयेगी उन्होंने कहा कि इसके लिये निविदायें मांगी गड्र थी लेकिन एक ही निविदा प्राप्त हई इसलिये दोबारा निनिदायें मांगी गई है जून तक इस प्रक्रिया को पूरा लिया जायेगा एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भिवानी बवानी खेड़ा चरखी दादरी और लोहारू के लिए भी मूल्यांकन के बाद शीघ्र निविदाये मांग ली जायेगी संसदीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा है कि कल रक्षा मंत्री ने सैनिक स्कूल खोलने के बारे एक बैठक ब्लाई है जिसमें मातनहेल में सैनिक स्कूल शुरू करने की पूरी पैरवी भी जायेगी

श्री शर्माने आश्वासत किया कि सरकार इस स्कूल की स्थापना के लिए पूरा प्रयास करेगी हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्य सरकार पर उन पर द्वारा चार साल पहले दी गड् चार्जशीट पर कांग्रेस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है श्री चौटाला आज विधानसभा की पत्रकार कक्ष में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने सोनीपत के क्छ भूमि रिलीज मामलों का जिक्र करते हए कहा कि अब तक मानेसर मामले में सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आया तो भाजपा विधायक भूपेन्द्र सिंह हडडा की गिर फ्तारी की मांग करने लगे उन्होंने बहादुरगढ़ में सरकारी ज़मीन पर कब्जे का आरोप लगाते हए कहा कि इसमें नामित पार्षद व अन्य लोग शामिल है श्री चौटाला ने कहा कि उनके ध्यान मे आया है कि राज्य सभा उम्मीदवार रिटार्ड जनरल वत्स ने अपने शपथ पत्र में कई बाते छुपाई है पार्टी के लीगल सैल से राय मांगी गई है अगर ठीक हुआ तो चुनाव आयोग को शिकायत की जायेगा कल कांग्रेस विधायक करण दलाल ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था यमुनानगर के सौरा खंड गांव रतुवाला के निवासी एक ही परिवार के तीन लोगों की आज उस समय मौत हो गई उनकी बार नारायनगढ़ से पहले अमली गांव के पास सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई